उद्योग विभाग ने कहा मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति वाले उद्योगों के संचालन पर की जाएगी कार्रवाई कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान थोक बाजारों में भीड़ भाड़ को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए किये कई उपाय

ये मोबाइल वैन उपखण्ड मुख्यालयों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध होंगी और गांव कस्बे तक पहुंचकर मरीजों को सामान्य बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवाएंगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अभी भी कोरोना के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में निजी अस्पतालों को सरकार की सहायता करनी चाहिए

जल्दी ही इनकी नियुक्ति होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग आत्मानुशासन के साथ लॉकडाउन का पालन करें

श्री गहलोत ने बताया कि खाने पीने और जरूरत के सामान की कालाबाजारी की कहीं भी शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई होगी

प्रदेश में कोरोना संकमित लोगों की संख्या लगातार बढती जा रही है

इन्हें सेना के वेलनेस सेंटर में रखा गया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बेहतर तालमेल और आपदा प्रबंधन संबंधी बेहतरीन प्रयासों के कारण ही भारत कोरोना से होने वाले नुकसान को कम करने में कामयाब रहा है कल संसद भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री बिरला ने विधायी और आर्थिक कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की संभावना का पता लगाने की अपील की

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए संयुक्त जांच दल बनाये गये है

कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान थोक बाजारों में भीड़ भाड़ को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं इसके तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम पोर्टल में मंडारगूह आधारित व्यापार मॉड्यूल और किसान उत्पादक संगठन आधारित मॉड्यूल जोडे गये हैं भंडारगृह आधारित मॉड्यूल से किसान बाजार के रूप में पंजीकृत भंडारगृहों से अपने उत्पाद बेच सकेंगे किसान उत्पादक संगठन आधारित मॉड्यूल के माध्यम से संग्रहण केन्द्रों से अपने उत्पादों को तस्वीर सहित अपलोड किया जा सकेगा ताकि मंडी गये बिना ही उत्पादों की ऑनलाइन बोली लगाई जा सके

इनमें कृषि और वन सम्बन्धित वस्तुओं शैक्षिक पुस्तकों की द्रकानों और बिजली से चलने वाले पंखों की द्रकानों को खोलने की अनुमति दी गई है इसके साथ ही आवश्यक माल परिवहन के लिए राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में ट्रकों के आवागमन को भी छूट दी गई है ट्रको के संचालन की छूट दिए जाने से ट्रक ऑपरेटर्स ड्राईवर क्लीनर ट्रक मेकेनिक ढाबा व्यावसायियों और पेट्रोल पम्प संचालकों को फायदा मिलेगा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी लॉकडाउन के दौरान सेवाएँ दे रहे अनुमति प्राप्त ट्रक ऑपरेटरों की सुविधा के लिए कुछ उपाय किए है मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य सरकारों और तेल कंपनियों के लिंक डाले गये है इससे ड्राईवर और क्लीनर राजमार्गों पर चल रही ट्रक मरम्मत की दुकानों के साथ ही ढाबों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं